प्रधानमंत्री ने आशा आंगनवाड़ी और ए एन एम कर्मियों के मानदेय में बढोतरी की घोषणा की है श्री नरेन्द्र मोदी ने कल नई दिल्ली में वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए देशमर में इन कार्यकर्ताओं को संबोधित कस्ते यह घोषणा की उन्होंने आशा कर्मियों को दिए जाने वाले नियमित प्रोत्साहनों को दोगुना करने और ऑगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में भी काफी वृद्वि की घोषणा की इसके अनुसार जिन कार्यकर्ताओं को अब तक तीन हजार रुपये मिलते थे उन्हें अब साढ़े चार हजार रुपये दिए जाएंगे दो हजार दो सौ रुपये मानदेय पाने वालों का अब साढ़े तीन हजार रुपये मिलेंगे ऑगनवाडियों में हैल्यर का काम करने वालों का मानदेय डेढ़ हजार रुपये से बढ़ाकर दो हजार दो सौ पचास रुपये कर दिया गया है श्री मोदी ने आशा कार्यकर्ताओं और इनकी सहायिकाओं के लिए निशुल्क बीमा योजनाओं की घोषणा की सभी आशा कार्यकर्ताओं और उनकी सहायिकाओं हेल्यर को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत मुफ्त में बीमा सुरक्षा भी दी जाएगी यानि दोनों मिलाकर के चार लाख रूपए का आपका बीमा यानि दो दो लाख के तहत आपको आपके परिवार के लिए सुनिश्चित की गई है

कार्यकर्ताओं से बातचीत में प्रधानमंत्री ने एक नवजात शिशु का जीवन बचाने के लिए झारखंड की मनिता देवी की सराहना की श्री मोदी ने देश के ऐसे हजारों डॉक्टरों के प्रति आमार व्यक्त किया जो गर्भवती महिलाओं का निशुल्क इलाज कर रहे हैं प्रधानमंत्री ने शिकागो में विश्व धर्म संसद में स्वामी विवेकानन्द के एतिहासिक संबोधन के एक सौ पच्चीस वर्ष पूरे होने के अवसर पर नई दिल्ली से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए देशवासियों का आह्वान किया है कि वे स्वामी विवेकानन्द से प्रेरणा लेकर नए भारत का निर्माण करें श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना स्वामी विवेकानन्द के भाषण का सार है प्रवानमंत्री ने कहा कि स्वामी विवेकानन्द ने आत्मविश्वास और देश प्रेम में आस्था का मंत्र दिया श्री मोदी ने कहा कि आज जब भारत एक साथ एक सौ उपग्रह अंतरिक्ष में छोड़ने में सक्षम है और विश्व मंगलयान तथा गगनयान के बारे में चर्चा कर रहा है तो ऐसे में देश का आत्मविश्वास और भी बढ़ जाता है उन्होंने कहा कि सरकार गरीबों वंचितों और उपेक्षितों का आत्मविश्वास बढ़ाने के कड़े प्रयास कर रही है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कल लखनऊ में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में कई निर्णय लिये गये औद्योगिक विकास प्राधिकरणों में एक जनवरी दो हजार सोलह से सातवें वेतन आयोग की संस्तृतियों को लागू करने का फैसला लिया गया नोएडा ग्रेटर नोएडा यमुना एक्सप्रेस ये गीडा सीडा लीडा के बोर्डो की बैठक द्वारा प्राधिकरण में सातवें वेतन आयोग की संस्तृतियों को लागू किये जाने के संबंध में प्रस्तुत प्रस्ताव को अनुभोदन प्रदान किया गया है प्राधिकरण के कर्मियों को सातवां वेतनमान दिनांक एक जनवरी दो हजार सोलह से दिया जायेगा मंत्रिपरिषद ने नये स्थापित राजकीय मेडिकल कॉलेजों में वरिष्ठ चिकित्सक शिक्षकों की अत्यविक कमी को दृष्टिगत रखते हुए देश एवं प्रदेश के राजकीय मेडिकल कॉलेजों चिकित्सा संस्थानों एवं विश्वविद्यालयों से सेवानिवृत्त होने वाले प्रोफेसरों को उच्च मेडिकल कॉलेजों में प्रोफेसर के रूप में संविदा के आधार पर पुनर्नियुक्ति किये जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी

भूगर्म जलस्तर के सुधार हेत् विभाग की एक अभिनव योजना राज्य भूजल संरक्षण मिशन लागू की गई है भूजल मिशन योजना के अन्तर्गत चिन्हित पिकासखंडों में कार्य कराया जायेगा प्रत्येक तालाब पर जलप्रबंधन जल सुरक्षा तथा तालाब के संरक्षण एवं रख रखाव हेत पानी पंचायत का गठन अनिवार्य रूप से किया जायेगा तालाब के विकसित होने के उपरान्त इसे संबंधित ग्राम पंचायत को हैंड्ओवर कर दिया जायेगा मंत्रिपरिषद ने एक जनपद एक उत्पाद कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्त पोषण हेत् सहायता योजना को मंजूरी प्रदान की योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीयकृत बैंकों क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और अन्य शेडयुल्ड बैंकों द्वारा वित्त पोषण किया जायेगा तथा इसके सापेक्ष प्राप्त दावों के विरूद्व सूत्म लघू एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग द्वारा एक जिला एक उत्पाद योजना के अन्तर्गत मार्जिन मनी की धनराशि अनुदान के रूप में उपलब्ध कराई जायेगी मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश विधानसभा और विधान परिषद के वर्तमान सत्र को तत्काल प्रमाव से संत्रावसान करने के प्रस्ताव को भी औपचारिक मंजूरी दे दी यह संत्र तेईस अगस्त से इक्तीस अगस्त तक के लिए बुलाया गया था केन्द्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गड़करी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल बागपत में एक सौ चौवन किलोमीटर लम्बे दिल्ली सहारनपुर राजमार्ग का शिलान्यास किया इस राजमार्ग को तीन चरणों में पूरा किया जाएगा इस अक्सर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा प्रदेश में हमारी सरकार ने एक लाख बीस हजार किलोमीटर सड़कों को गढ़ढा मुक्त किया है उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने किसानों की सुक्विया के लिए गन्ना मिलों द्वारा साफ्ट लोन लेने की व्यवस्था की है उन्होंने कहा कि अब अगर पन्द्रह अक्टूबर तक बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं किया गया तो भिल मालिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जायेगी मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में सरकारी नौकरियों में काफी स्थान रिक्त है मुख्यमंत्री ने एशियन चैम्पियन शिप में पदक जीत कर आये खिलाड़ियों को बघाई दी और कहा कि खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी मिलेगी इस अक्सर पर केन्द्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सपा सरकार दिल्ली यमुनोत्री हाईवे को एनओसी नहीं दे रही थी लेकिन भाजपा सरकार आते ही मंजूरी मिल गई और आज इस परियोजना का शिलान्यास किया गया उन्होंने कहा कि केन्द्र में मोदी सरकार के पांचवें साल तक देश में दो लाख किलोमीटर सड़क बन जायेंगी केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा है कि सरकार देश में गांवों के विकास पर विशेष ध्यान दे रही है वे नई दिल्ली में अपने मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करने के लिए आयोजित समारोह में बोल रहे थे श्री तोमर ने कहा कि गांवों को शहरी इलाकों से जोड़ने के लिए सड़कें बनाने के काम में तेजी लाई गई है उन्होंने कहा कि केंद्र के प्रयासों की वजह से गृणक्ता वाली स्वास्थ्य देखमाल सेवाएं और स्तरीय शिक्षा व्यवस्था ग्रामीण क्षेत्रों में पहंच रही हैं उत्तर प्रदेश को ग्राम विकास के क्षेत्र में विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वय तथा किये गये उत्कष्ट कार्यो के लिए बारह श्रेणियों में पुरस्कत किया गया प्रदेश को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सबसे अधिक आवास बनाने में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ

आने वाले वर्षो में हमारी उपलब्धियां इससे भी अधिक होंगी निरिक्त रूप से आज जो यहां पर अवार्ड प्राप्त हुआ इसके पहले उत्तर प्रदेश जीरो पर रहता था शून्य से शिखर की ओर हम लोग आगे बढ़े हैं योगी आदित्यनाथ जी जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उनकी प्रेरणा से ग्राम विकास विभाग उत्तर प्रदेश ने जो काम किये हैं

पूरे पांच चाष्ट्रीय स्तर के स्टेट लेक्ल और दो जिले हमारे उसमें चुने गये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ स्थित लोकमवन में उत्तर प्रदेश कारपोरेट सामाजिक दायित्व सम्मेलन दो हजार अट्ठारह का श्मारम्म किया इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पहली बार इस प्रकार का सम्मेलन राज्य सरकार के स्तर पर प्रारम्म किया गया है संगठनों या व्यक्तिगत रूप से अनेक ऐसे कार्यक्रम संचालित होते है जो लोक कल्याण के लिए समर्पित होते हैं